उच्चतम न्यायालय ने पीड़िता के परिजनों को सुरक्षा और अंतरिम सहायता देने के दिये निर्देश प्रदेश में हटाए गये सभी संविदाकर्मियों को किया जाएगा बहाल राज्य में आज से शुरू हुआ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मौके पर होगा ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण

उन्नाव मामला उच्चतम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म और सड़क दुर्घटना से जुड़े सभी पांच मामलों की सुनवाई दिल्ली में करने का निर्देश दिया है

साथ ही यह भी कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में जांच एजेंसी और समय की मांग कर सकती है

संविदा बहाली राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से हटाये गये संविदा कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ आज मंत्रालय में संविदा कर्मचारी के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिये गये

उन्होंने खाली पदों पर संविदाकर्मियों की नियुक्ति का भी आश्वासन दिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को संविदाकर्मियों के लिये एक बड़ा तोहफा बताते हुए कहा है कि संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त ना करने के निर्णय से उन्हें बड़ी राहत मिली है वहीं संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने संविदाकर्मियों के हित में लिये गये इन निर्णयों पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है

अभियान के तहत प्रभारी मंत्री विधायक और कलेक्टर माह में एक बार जिले के किसी एक गांव में पहुंचकर वहां शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे और जिले के एक विकासखंड में जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि जिले की बिलासपुर ग्राम पंचायत से आज आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासकीय योजना की जानकारी दी और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया पन्ना जिले की गुनोर जनपद पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल एक शिविर लगाया जाएगा जिसमें हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान का झंडा जल्दी ही रूस के माउंट एल्व्रस पर लहराता नजर आएगा इस अभियान की ब्रांड एंबेसडर और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही मेघा परमार आज से माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई कर रही हैं

इस अभियान के तहत मिलावटी चीजों के नमूने लेकर उनकी जांच की जा रही है वहीं मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है उज्जैन में खाद्य एवं औषधी विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मार कर नकली घी जब्त किया है कलेक्टर शशांक मिश्र ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी कीर्ति केलकर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपी को जेल भेज दिया है स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रदेशभर में अभियान जारी रहेगा मिलावट करने वाला कोई भी हो उसे बक्शा नहीं जाएगा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर भोपाल में पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई इस बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिला अध्यक्षों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अब तक चले सदस्यता अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए अभियान को और तेज करने का आहवान किया उन्होंने कुछ जिलों में लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की

अमावस्या मेला सतना जिले के चित्रकूट में अमावस्या मेले में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्दालुओं के पहुंचने का तांता लगा रहा श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की जिला प्रशासन ने यहां आवश्यक सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किये

इसके अलावा यहां डाक्टरों की टीम जीवन रक्षक दवाएं और गोताखोरों की व्यवस्था भी की गई है बारिश राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है

प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश से कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है वहीं कृषि वैज्ञानिक इस बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं अच्छी बारिश से कई जिलों में सूखने की कगार पर पहुंची धान और मक्के की फसल फिर लहलहाने लगी हैं

इस दौरान आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर कुष्ठरोगियों की खोज करेंगे

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये यहां अन्य लोग भी आगे आए

यह कार्यवाही उन स्कूलों के प्राचार्यो के खिलाफ की गई है जिनका परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा